अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश में पार्टी की सभी समितियों को किया भंग उद्योग मंत्री ने सिंगापुर से हिमाचल के विद्यार्थियों के साथ तकनीकी ज्ञान साझा करने का किया आग्रह मंडी का सामूहिक कन्यापूजन लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्डस में दर्ज

सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने महोत्सव का शुभारंभ किया

महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर देश विदेश से फिल्म जगत की जानी मानी हस्तियों ने भाग लिया जानेमाने अभिनेता रजनीकांत को आइकॉन ऑफ जुबली पुरस्कार से नवाजा गया

शिमला स्थित राजभवन में आज लालपानी स्कूल के विद्यार्थियों के साथ बातचीत में उन्होंने नशे जैसी ब्राईयों से दूर रहने का आहवान किया राज्यपाल ने विद्यार्थियों के साथ शिक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की उन्होंने दैनिक गतिविधियों के बारे में बच्चों से सवाल किए और विद्यार्थियों ने भी राज्यपाल से कई प्रश्न पूछे कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आज प्रदेश की सभी राज्य जिला व ब्लॉक कमेटियां भंग कर दी हैं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक प्रैस विज्ञप्ति ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आदेश पर ये कमेटियां भंग की गई हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर अपने पद पर बने रहेंगे शिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बेहतर शिक्षा देने के लिए सरस्वती विद्या मंदिर स्कूलों की सराहना की है शिमला जिले ँ के कोटखाई में स्कूल के वार्षिक समारोह में उन्होंने कहा कि देश सहित प्रदेश में ये स्कूल नैतिक व संस्कार युक्त शिक्षा दे रहे हैं सुरेश भारद्वाज ने कहा कि राज्य में शिक्षा के विस्तार के लिए सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों का संयुक्त रूप से योगदान रहा है उन्होंने बच्चों से नशे से दूर रहने का आह्वान किया अन्राग ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने भारत यात्रा के दौरान नई दिल्ली में केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की इस दौरान दोनों नेताओं ने द्वि पक्षीय संबंधों व्यापार और निवेश बढ़ाने की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की अनुराग ठाकूर ने कहा कि भारत दूनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विदेश नीति से भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को मजबूती मिली है सांसद किशन कपूर व सुरेश कश्यप ने भी टोनी एबॉट का स्वागत किया

मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि राज्य सचिवालय में प्राकृतिक खेती के उत्पादों की बिक्री के लिए खोले गए केन्द्र की तर्ज पर मंडी व ऊना जिले में भी ऐसे ही केन्द्र ँखोले जाएंगे उन्होंने आज शिमला में बताया कि राज्य सचिवालय में ये केन्द्र सप्ताह में दो दिन काम करता है लेकिन ग्राहकों की मांग के अनुसार इसे अधिक दिन तक खोलने पर विचार किया जाएगा सरवीण चौधरी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने स्पेन के बार्सिलोना में चल रहे स्मार्ट सिटी वर्ल्ड एक्सपो में भाग लिया उन्होंने शहरी नियोजन विषय पर प्रस्तुति दी सरवीण चौधरी ने कहा कि शिमला शहर में पीने के पानी की आपूर्ति का बेहतर ढंग से प्रबंधन किया जा रहा है जिसके चलते शहर में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है उन्होंने एक्सपो में भारतीय दीर्घा का उद्घाटन भी किया

केन्द्रीय मंत्री ने महिला व बाल विकास के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के लिए हिमाचल की सराहना की बिक्रम सिंह उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकूर ने सिंगापुर के तकनीकी शिक्षा संस्थान से हिमाचल के विद्यार्थियों के साथ तकनीकी साझा करने का आग्रहे किया है सिंगापुर में कौशल विकास पर आयोजित एक कार्यशाला के समापन अवसर पर उन्होंने हिमाचल में तकनीकी शिक्षा मेँ उपलब्ध अपार संभावनाओं की जानकारी दी बिक्रम ठाकर ने एक्सचेंज प्रोग्राम की संभावनाओं पर विचार करने की वकालत की ताकि विद्यार्थियों को अनुभव मिल सके शहीद सियाचिन में हिमस्खलन की चपेट में आने से शहीद हुए कुनिहार के सैनिक मनीष की आज उनके पैतक गांव में पूरे राजकीय व सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने प्रदेशवासियों की ओर से शहीद को श्रद्धांजलि दी

जिला प्रशासन को आज ई मेल के माध्यम से इस बारे में सूचना प्राप्त हुई

उपायुक्त ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के दौरान हुए इस कन्या पूजन का उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान को बढावा देना था

इस केन्द्र के माध्यम से विद्यार्थियों को जेईई की निशुल्क कोचिंग दी जाएगी उन्होंने कहा कि इससे यूवाओं को घर द्वार पर ही बेहतरीन कोचिंग सुविधा मिलेगी रवि मेहता रवि मेहता को शिमला ज़िला भाजपा अध्यक्ष चूना गया है शिमला स्थित प्रदेश पार्टी कार्यालय में आज हुए चुनाव में उनके नाम पर सहमति बनी रवि मेंहता कैलाश फैडरेशन के उपाध्यक्ष भी है उन्होंने नई जिम्मेदारी देने के लिए प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया और कहा कि जिले में सभी को साथ लेकर पार्टी की मजबूती के लिए काम किया जाएगा शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज व पार्टी उपध्यक्ष गणेश दत्त भी इस मौके मौजूद रहे